वे आज शिमला में मुख्यमंत्री की घोषणा सहित विभिन्न केंद्र व राज्य सराकर की योजनाओं की प्रगति के अनुसंरण को लेकर हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को प्रदेश सरकार से कई अपेक्षाएं हैं ऐसे में अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी प्रतिबद्वता के साथ कार्य करना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को बेहतर तालमेल के साथ काम करना चाहिए ताकि घोषणाओं पर किया जा रहा कार्य प्रभावित न हो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणोओं को प्रभावी ढंग और समयवद्व पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय विभिन्न विभागों के साथ तालमेल स्थापित करें मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही दिन से एक स्पष्ट उदेश्य और लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है सरवीण चौधरी प्रदेश में पौधारोपण और उनके संरक्षण में समुदाय की भागीदारी तय करने के लिए सामुदायिक वन संवर्धन योजना आरंभ की जा रही है इसके तहत युवक व महिला मंडलों को पौधारोपण के लिए भूखंड आबंटित किए जाएंगे ये बात शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बसनूर के लंजोत में पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधों के नव रोपण व संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देना होगा ताकि धरती हरी भरी रहे इस मौके पर उन्होंने जनसमस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया बिक्रम सिंह प्रदेश सरकार राज्य में स्थापित उद्योगों और निवेशकों को पूरा सहयोग व सहायता प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है

उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में उद्योगों और निवेशकों को निवेश मित्र पर्यावरण बेहतर कानून व्यवस्था और श्रेष्ठ अधोसंरचना उपलब्ध हो

उन्होंने कहा कि कंबोडिया में वस्त्र पर्यटन व निर्माण उद्योग व कृषि क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं और यहां श्रम शक्ति सुलभ व सस्ती है जैन ने कहा कि केन्द्र सरकार कंबोडिया और आसपास के देशों में बड़े स्तर पर निवेश को प्रोत्साहित कर रही है और देश खासकर हिमाचल प्रदेश के उद्यमी भारत सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने सशक्त लोकतंत्र के लिए विभिन्न मुद्दों व समस्याओं को चर्चा और बहस के माध्यम से हल करने की वकालत की है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि सदन के प्रत्येक सदस्य को संसद का समय गंवाए बिना देश के विकास शांति और समृद्धि के लिए अपना योगदान देना चाहिए उन्होंने कहा कि भारत को सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर पूरे विश्व को राह दिखानी चाहिए भर्ती प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से भर्ती प्रक्रिया स्थगित रखने को कहा है आयोग ने पत्र लिखकर इन संस्थानों से कहा है कि उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जातियों जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक कोई भर्ती न की जाए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च में घोषणा की थी कि अनुसूचित जातियों जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षकों के कुल आरक्षित पदों के निर्धारण के लिए किसी पूरे संस्थान को नहीं बल्कि शैक्षिक विभाग को इकाई माना जाए उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर सरकार की पुनर्विचार याचिका पर जल्दी ही सुनवाई करेगा बालनाहटा राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाहटा को देश की सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय शिखरीय संस्था नैफस्कॉब का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है उनका चयन राष्ट्रीय फैंडरेशन के उत्तरी क्षेत्र के सहकारी बैंकों के तय जोन से हुआ है नैफस्कॉब मुंबई द्वारा हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रशिक्षण संस्थान सांगटी को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण कार्य निष्पादन की श्रेणी में देश के सभी सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया बालनाहटा ने मुंबई में आयोजित साधारण अधिवेशन व संचालक मंडल की बैठक में कहा कि वे सहकारिता आंदोलन को पूरी मज़बूती के साथ नई दिशा देने का हर संभव प्रयास करेंगें